प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक वर्ष के दौरान एक करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और विपक्ष को रोजगार की कमी के बारे में दुष्प्रचार रोकना चाहिए समाचार एजेंसी एएनआई के साथ विशेष भेंट में श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजो से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था है श्री मोदी ने कहा कि भारत में उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हो रहा है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

श्री मोदी ने जाति आधारित आरक्षण हटाये जाने की किसी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि आरक्षण बरकरार रहेगा और इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए महिलाओं के खिलाफ अपराध और भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि समाज में शांति और भाईचारा बनाये रखने के लिए हर एक व्यक्ति को राजनीति से ऊपर उठना होगा असम में एनआरसी का ज़िक करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का नाम इसमें होगा और लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान का पूरा मौक़ा दिया जायेगा भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान की नई सरकार आतंक और हिंसा से मुक्त सुरक्षित स्थिर और समृद्ध क्षेत्र के लिए काम करेगी जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपो गठबंधन पर श्री मोदी ने कहा कि श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने की दिशा में रूकावटें पैदा की जाती रही हैं यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी पर आक्षेप न लगा कर सत्ता से अलग होना पसंद किया श्री नरेन्द्र मोदी ने एक अख़बार के साथ अन्य भेंटवार्ता में विश्वास ज़ाहिर किया कि भारतीय जनता पार्टी दो हजार उन्नीस का लोकसभा चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले में बड़े अन्तर से जीतेगी मेरठ में कल से शुरू हुई भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के अन्तिम दिन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह ने बैठक को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का प्रमुख उददेश्य देश का सर्वांगीण विकास करना है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना के तहत किसानों तथा आम नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं तथा स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों का निर्माण कांतिकारी कदम हैं जिससे करोड़ों लोगों का जीवनस्तर सुधरेगा श्री शाह ने संगठन के पदाधिकारियों का आहवान किया कि वे सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर आम लोगों को जागरूक करें उन्होंने देश की चाक चौबंद सुरक्षा तथा सुशासन का जिक करते हुए प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तिहत्तर प्लस के लक्ष्य पर विशेष बल दिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री डाक्टर दिनेश शर्मा संगठन के पदाधिकारीगण सांसद और विधायकगण मौजूद थे बाद में संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर क्षेत्र में विकास के नये रिकार्ड्स बनाये हैं तथा आम नागरिकों को पारदर्शी सरकार देने में सफलता हासिल की है उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश में तिहत्तर प्लस का लक्ष्य हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही है

प्रदेश के राज्यपाल और राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रामनाईक ने शैक्षिक सत्र दो हजार अट्ठारह उन्नीस में सम्पन्न होने वाले दीक्षांत समारोह की तिथियां घोषित कर दी हैं दीक्षांत समारोह कैलेण्डर के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह चौरासी दिनों में सम्पन्न कराये जायेंगे पहले विश्वविद्यालयों में समय से दीक्षांत समारोह आयोजित न होने से विद्यार्थियों को समय पर डिग्रियां नहीं प्राप्त होती थी जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने में परेशानी होती थी केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने बस्ती ज़िले में निर्माणाधीन फ्लाई ओवर गिरने की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी बस्ती फ़ैज़ाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के फुटहिया चौराहे पर बन रहे इस पुल का एक हिस्सा कल सुबह ढलाई के दौरान गिर गया था जिसमें तीन मज़दूर घायल हो गये थे स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी ने कल ही केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस घटना की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाई की मांग की थी पन्द्रह करोड़ की लागत से बन रहे एक सौ सात मीटर लम्बे इस फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य पिछले साल पूरा किया जाना था लेकिन अभी तक सिर्फ़ आधा काम ही पूरा हो पाया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुल बनाने की ज़िम्मेदारी हैदराबाद स्थित एक कम्पनी को सौंपी थी लेकिन कम्पनी ने यह काम एक अन्य कन्सट्रक्शन फ़र्म को सौंप दिया है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

इनमें मौत की सजा भी शामिल है

प्रदेश में लगातार बारिश और नेपाल सहित विभिन्न बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये हैं घाघरा सरयू फर्रूखाबाद में गंगा रामगंगा तथा पीलीभीत में शारदा सहित कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं हमारे संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी ने बताया कि राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई भागों में कल रात से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है और ट्रेफिक पर असर पड़ा है तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हालात और बिगड़ गये है जहां बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित है

घाघरा नदी भी गोंडा बाराबंकी बहराइच फैजाबाद और मऊ जिलों में तबाही मचा रही है

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग के वैज्ञानिक चरण सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के उपन्यासकार वीएस नायपॉल का लंदन में उनके निवास पर निधन हो गया है

आज अंतराष्ट्रीय युवा दिवस है विश्व के युवाओं के समक्ष चुनौतियों और समस्याओं के प्रति जागरूकता के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है